कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य पद के लिये नामांकन प्रक्रिया कल रविवार को भी चलेगी

उम्मीदवार अपने नाम सात अप्रैल को सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक वापस ले सकते हैं और इसी दिन चूनाव चिन्ह आवंटित किये जायेंगे

पहले चरण के तहत जिन जनपदों में चुनाव होना है वे है सहारनपुर गाजियाबाद रामपुर बरेली हाथरस आगरा कानपुर नगर झांसी महोबा प्रयागराज रायबरेली हरदोई अयोध्या श्रावस्ती संतकबीरनगर गोरखपुर जौनपुर और भदोही शामिल है राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण से बचाव के मददेनजर कोविड प्रोटोकाल का पालन करने के लिये गाइड लाइन जारी है गाइड लाइन के अनुसार अगर कोई कोविड संक्रमित रोगी या उसके साथ रह रहा व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो वह अपना नामांकन पत्र अपने प्रस्तावक या किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत कर सकता है ऐसे व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष खुद नहीं आयेंगे

मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा ने कल सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों पुलिस महानिदेशकों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की बैठक में राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि वे कोविड नमूनों की जांच तेज करें ताकि संक्रमण की पॉजिटिविटी दर पांच प्रतिशत या उससे नीचे ही बनी रहे

श्री गौबा ने राज्य के मुख्य सचिवों से कहा कि वे कोविड के मामलों में बढोत्तरी से निपटने के लिए भरसक प्रयास करें उन्होंने कहा कि इस काम में केन्द्र सरकार की तरफ से भरपूर संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा

राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं

उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड टीकाकरण का कार्य सोमवार से शनिवार तक निरन्तर किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है इसलिये टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकाल का पालन अवश्य करे

इसे देखते हुए इस आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाना अत्यन्त आवश्यक है नोति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा कि टीका लगवाने पर लोग दो जिम्मेदारियां पूरी करते हैं पहला अपने जीवन की रक्षा हैं और दूसरा वे ही संक्रमण की श्रृंखला भी तोड़ते हैं श्री पॉल ने जोर देकर कहा कि भारतीय टीके सुरक्षित और प्रभावी हैं उन्होंने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय टीके ब्राजील और ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के दोनों ही रूपों के विरूद्व प्रभावी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों और रोगियों की मदद करने में उत्तर प्रदेश के नम्बर वन सीएम बन गये हैं योगी आदित्यनाथ ने अपने नाम एक नया रिकार्ड दर्ज कर लिया है मुख्यमंत्री के प्रयासों से पिछले चार वर्षो में विवेकाधीन कोष के माध्यम स गंभीर रोगियों को करीब दस अरब रूपये की मदद पहुंचाई गई है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

उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले छह वर्षों में दो अरब सामान्य बल्बों को एलईडी बल्बों में बदला है

प्रदेश में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य का गेहूँ खरीदने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है एक अप्रैल से प्रदेश भर में गेहूँ की खरीद शुरू हो चुकी है

किसानों की सुविधा के लिये इस वर्ष ऑन लाइन टोकन की व्यवस्था की गई है किसान अपनी सुविधा के अनुसार अपने राजस्व ग्राम से संबद्ध नजदीकी क्रय केन्द्रों पर गेहूँ बेचने के लिये टोकन ऑन लाइन प्राप्त कर सकते हैं क्रय केन्द्रों पर बिना टोकन के भी किसानों से गेहूँ खरीद की व्यवस्था रखी गई है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को गेहूँ क्रय केन्द्रों का समय समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिये हैं प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद के लिये छह हजार क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं से एक मुश्त समाधान योजना का लाभ लेने की अपील की है

योजना के तहत शहरी घरेलू और गामीण उपभोक्ताओं क बकाया बिल पर सौ प्रतिशत ब्याज माफ किया जायेगा

मुकदमों का बोझ कम करने के लिये नई अदालते स्थापित की जा रही है उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर में नये कचेहरी परिसर के लिये सात एकड भूमि का प्रस्ताव दिया गया है प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए श्री पाठक ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है

इस अवसर पर आयोजित समारोह में सेना चिकित्सा कोर के अधिकारी और सेना के जवान शामिल हुए